वे आज पुलिस संचार व्यवस्था के आध्निकीकरण और उसकी चुनौतियों के बारे में एक सम्मेलन में बोल रहे थे श्री सिन्हा ने कहा कि उनका मंत्रालय सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए संचार प्रणाली उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए स्पेक्ट्रम आवंटन में तेजी लाएगा

वे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री नायडू ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की दृष्टि और मिशन राष्ट्र निर्माण तथा वैश्विक मानवीय मूल्यों के प्रति कटिबद्दता को प्रतिविंबित करता है उन्होंने कहा कि वे आज भारत के क्शांग्र युवाओं के बीच आकर बहत प्रसन्न हैं

यह वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है

भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सभी राज्यों और जिलों में आज यह दिन जन जागरूकता और प्रेरक गतिविधियों के साथ मनाया जा रहा है एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार शैचालयों के उपयोग पर जोर देने वाली यह योजना अगले वर्ष अक्तूबर तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान से सीधे जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर पूरे देश में सफाई और स्वच्छता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्वता व्यक्त की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्ष में जिस तेजी से स्वच्छता अभियान चलाया गया है भारत के लोगों को उस पर गर्व है उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत अभियान जन अभियान है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान में एक सौ तीस करोड़ भारतीयों विशेषकर महिलाओं और युवाओं का अधिक योगदान है

ग्यारह दिन तक चलने वाले इस सैन्य अम्यास में रूस संघ की पांचवीं सेना तथा भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फ्रैंट्री बटालियन की सैन्य ट्कड़ियां भाग ले रही हैं सैन्य अम्यास के आयोजन का उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य ट्रकडियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के नियमानुसार योजनाबद्व तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करना है यह सैन्य अभ्यास अट्ठाईस नवम्बर तक चलेगा इस अवसर पर दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारी मौजूद रहे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा

नई दिल्ली में उनकी समाधि शक्ति स्थल पर लोगों ने उन्हें प्रष्पांजलि अर्पित की वहां सर्व धर्म प्रार्थना समा का भी आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा वरिष्ठ कॉग्रेसी नेताओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की हैं आज उनकी जयंती पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कॉग्रेस कार्यकर्ताओं ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर के उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की विभिन्न स्थानों पर लोगों ने उनकी मूर्तियों और चित्रों पर माल्यार्पण किया इलाहाबाद में गांधी नेहरू परिवार का पैतुक आवास रह चुके आनन्द भवन में विशेष श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया

लोगों ने आज तड़के पवित्र नदियों में स्नान कर के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी वाराणसी में श्रद्वाल्ओं की भारी भीड़ है लोगों ने वहां विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद मंदिरों में जाकर प्रजा अर्चना की इस बीच अमरोहा जिले के गंगाधाम तिगरी में और गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में हर वर्ष लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा मेला शुरू हो गया है

बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आज ही के दिन सन् अट्ठारह सौ पैंतीस में वाराणसी शहर के भदैनी यानी अस्सी घाट मोहल्ले में हुआ था बाद में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ रानी लक्मीबाई अंग्रेजों से युद्व करते हुये केवल बाईस वर्ष की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गयी थीं जौनपुर में लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर के उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की